जम्मू कश्मीर क्षेत्र आतंकवाद और अलगाववाद से होगा मुक्त राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा लद्दाख और जम्मू कश्मीर में वैश्विक पर्यटन का केन्द्र बनने की अपार संभावनाएं राष्ट्रपति ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न से किया सम्मानित नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका भी मरणोपरान्त देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किए गये अलंकृत

एक नये युग की शुरूआत हुई कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन में कुछ बाते समय के साथ इतनी घुल मिल जाती है कि उन चीजों का मन में एक प्रकार से स्थायी भाव बन जाता है कि कुछ बदलेगा ही नहीं अनुच्छेद तीन सौ सत्तर के साथ भी ऐसा ही था इससे बहुत हानि हो रही थी लेकिन चर्चा नहीं हो रही थी अब नई व्यवस्था से जम्मू कश्मीर का भविष्य भी सुधरेगा पूरी बहस के बाद जो कानून बनता है उससे पूरे देश का भला होता है लेकिन पहले क्छ कानूनों से जम्मू कश्मीर के लोग वंवित हो जाते थे उन्होंने कहा कि अनुच्छेद पैंतिस ए के समात होने से नई व्यवस्था आएगी वहां के कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों को भी देश के अन्य भागों के कर्मचारियों के समान सुविधाएं मिलेंगी श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है सेना और अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए भर्ती का आयोजन किया जाएगा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीरमें राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है केन्द्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इसके नकारात्मक प्रभावों को कम किया जाएगा उन्होंने कहा कि कुछ काल खंड के लिए जम्मू कश्मीर को सीधे केन्द्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझकर किया गया है प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी चुनाव होगा और लोग अपने प्रतिनिधि चुनेंगे राज्यपाल से आग्रह किया कि ब्लॉक विकास समिति का गठन किया जाए हाल में हुए पंचायत चुनाव से जम्मू कश्मीर को काफी लाभ हुआ है और जमीन स्तर पर भी काफी लाभ पहुंचा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के युवा जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करेंगे और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटन का बड़ा केन्द्र बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दो अनुच्छेदों का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिये पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र की तरह इस्तेमाल किया जाता था

इन दोनों अनुच्छेद का देशके खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौरपर इस्तेमाल किया जा रहा था प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर पुलिस को दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर सुविधाएं मिलें नई व्यवस्थामें केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को जिसमें जम्म कश्मीरकी पुलिस भी शामिल है द्रसरे केन्द्र शासित प्रदेश के बराबर की सुविधाएं मिलें जैसेएलटीसी हाउस रेंट अलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस हेल्थ स्कीमऐसी सुविधाओं का तत्काल रियु कराकर मुहैया कराई जाएगी बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीरऔर तद्वाख में सभी कंन्द्रीय और राज्य कं रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरूकी जाएगी इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्यात अवसर को उपलब्ध होंगे औरसाथ ही केन्द्र सरकार की पक्लिक सेक्टर युनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियोंको भी रोजगार के नए अवसर को उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुछेद तीन सौ सत्तर और पैंतीस ए ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद आतंकवाद परिवारवाद और व्यवस्था में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टावार के अलावा कृछ नहीं दिया इसके कारण तीन दशक में राज्य में बयालिस हजार निर्दोष लोग मारे गए एक राष्ट्र के तौर पर एक परिवार के तौर पर आपने हमने प्ररे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है एक ऐत्ती व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मु कस्मीर और लदाख के हमारे भाई बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे जो उनके विकास में बड़ी बाघा थी वो हम सब के प्रयासों से अब दूर हो गई है जो सपना सरदार वत्लम भाई पटेल का था बाबा साहेब अंबेडकर का था डॉ श्यामा प्रसादमुखर्जी का था अटल जी और करोड़ो देरा भक्तों का था वो सपना अब प्रता हथा है

अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान है और दायित्व भी समान है

सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख तथा गायक भूपेन हजारिका को भी मरणोप्रांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति ने प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में भारत रत्न से अलंकृत किया

नानाजी देशमुख की ओर से उनके रिश्तेदार वीरेंद्रजीत सिंह ने ये सम्मान ग्रहण किया आज भारत छोड़ो आन्दोलन या अगस्त क्रांति दिवस की सतहत्तरवीं वर्षगांठ मनाई जा रही है इस दिन को हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक मील के पत्थर के रूप में जाना जाता है इसी दिन वर्ष उन्नीस सौ बयालिस में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन खत्म करने का बिगुल बजाया था और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में भारत छोड़ो आदोलन शुरू किया था क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने मुंबई में गोवालिया टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया था कृतज्ञ राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्वांजलि दे रहा है और स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है भारत छोड़ों आन्दोलन के घोषणा के एक दिन बाद ही महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया इस आन्दोलन में छात्रों किसानों मजदूरों दुकानदारों और यहां तक कि नौकरीशुदा लोगों ने भी हिस्सा लिया

हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट भारत छोड़ों आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस आन्दोलन के दौरान प्रदेश से हजारों की संख्या में स्वतंत्रता सेनानी जेलों में डाल दिये गये इस दिन को पूरे प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा याद किया जाता है लखनऊ के काकोरी में है एक वृहद कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को याद किया जायेगा विश्व प्रसिद्ध काकोरी कांड के एक हीरो रहे है रामकृष्ण खत्री के पुत्र उदय खत्री अपनी यादों को ताजा करते हुए बताते हैं

जैसा कि मेरे पिताजी कहते थे दृढ संकल्प की स्पष्ट झलक अवश्य दिखा दो स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के इससे जनशक्ति का पलड़ा भारी हो गया ब्रिटिश सामाज्यवादी अंतिम रूप से हथियार डालने को विवरा हो गये

जिसमें तमाम स्कूल कॉलेजों के बच्चे आते है और वहां पर श्रद्वाजलि अर्पित की जाती है

वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ों आन्दोलन को भुलाया नहीं जा सकता एमएसयादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ

मुख्यमंत्री लखनऊ के जैतीखेड़ा में कुछ देर बाद हरीशंकरी पौध का रोपण कर इस अभियान की शुरूआत करेंगे इसके बाद मुख्यमंत्री प्रयागराज जायेंगे जहां वे परेड ग्राउन्ड निशुल्क पौध वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे यहां एक ही स्थान पर सबसे अधिक पौध वितरण करने का विश्व रिकार्ड बनाया जायेगा राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल कासगंज में गंगा वन में पौध रोपण करेंगी वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने बताया है कि बाईस करोड़ पौध रोपण महाकुम्भ की मूल इकाई ग्राम पंचायत निश्चित की गयी है इसी प्रकार आठ सौ बाईस विकास खण्ड अट्ठावन हजार नौ सौ चौबीस ग्राम पंचायत तथा छ सौ बावन शहरी निकाय क्षेत्र में पौध रोपण का माइक्रो प्लान तैयार किया गया है